संदिग्ध दिमागी बूखार की बीमारी से राज्य में एक सौ अड़सठ बच्चों की मौत

प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा रिकार्ड की गई पश्चिमी चम्पारण और पूर्वी चम्पारण जिले के आस पास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा में सबसे अधिक तैंतालीस सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी है पटना गया नालंदा और नवादा में भी तेज बारिश हुई है बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है लू से प्रभावित क्षेत्रों में भी स्थिति में पूरी तरह सुधार हुआ है इधर राजधानी पटना में कई निचले इलाकों में जल जमाव के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बारिश से लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि बीती रात तेज आंधी के कारण कई कच्चे घरों के छप्पर उड़ गये रोहतास जिले के सासाराम नगर परिषद क्षेत्र में बारिश से जगह जगह जल जमाव हो गया है बेगूसराय और समस्तीपुर जिले में भी हल्की से मध्यम बारिश की खबर है अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र में और कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के मोरसंडा इलाके में वज्रपात से दो लोगों की मौत हो गई है इधर मुजफ्फरपुर में भी बारिश से भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है विशेषज्ञों का मानना है कि संदिग्ध दिमागी ब्रुखार पीड़ित बच्चों के लिए यह वर्षा एक बड़ी राहत होगी श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक एस के शाही ने बताया कि मूजफ्फरपूर और उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा से दिमागी ब्खार के मामलों में कमी आ सकती है गौरतलब है कि कल पूर्णिया के रास्ते मानसून ने प्रवेश किया प्रदेश में संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस की बीमारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिये एक और केंद्रीय दल मुजफ्फरपुर पहुंच गया है एसकेएमसीएच के अधीक्षक सुनील कुमार शाही ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख सचिव के नेतृत्व में आयी इस टीम ने इलाज के लिये उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जायजा लिया साथ ही टीम ने एसकेएमसीएच में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की इधर राज्य में एईएस से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर एक सौ अड़सठ हो गयी है मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल और केजरीवाल अस्पताल में संदिग्ध दिमागी बुखार से अब तक एक सौ अठाईस बच्चों की मृत्यु हो चुकी है वहीं एक सौ साठ बच्चों का इलाज चल रहा है मृतकों में सात बच्चों में जापानी इंसेफ्लाईटिस की प्रष्टि हुई है हमारे संवाददाता के के कौशिक से बातचीत में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शाही ने कहा कि मरीजों के इलाज के लिए एसकेएमसीएच में सभी सुविधा उपलब्ध है

मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कालेज अस्पताल में शिशुरोग विभाग के प्रमुख डाक्टर गोपाल साहनी ने कहा कि ए ई एस के लक्षण सामने आने के बाद तुरंत बच्चों के देखभाल और इलाज से जान बचाई जा सकती है

उन्होंने बीमार बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और अस्पताल प्रबंधन से सभी को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया संदिग्ध दिमागी बूखार की बीमारी से बच्चों की मौत के शोक में भाजपा की इस महीने की अठाईस तारीख को होने वाली बैठक स्थगित हो गयी है आज पटना में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह फैसला किया गया इससे पहले बैठक में मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी और पीड़ित बच्चों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गयी पार्टी ने यह फैसला किया है कि कार्यकर्ता ए ई एस बीमारी से बचाव के लिए घर घर जाकर लोगों को जागरुक करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के छह करोड़ से अधिक किसानों को फायदा हुआ है किसान परिवारों को एक हजार दो सौ तीस करोड़ की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी गयी है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि योजना के अंतर्गत दो करोड़ अतिरिक्त किसानों को योजना का फायदा उपलब्ध कराया जाएगा देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस जल्द पटना में अपना एक बड़ा केंद्र स्थापित करेगी केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी श्री प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में यह एक बडा निवेश होगा और युवाओं को इससे बडे पैमाने पर रोजगार प्राप्त होगा केंद्रीय मंत्री जल्द ही टी सी एस के इस केंद्र का उद्घाटन करेंगे इस संबंध में टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और श्री प्रसाद के बीच नई दिल्ली में मुलाकात हुई दोनों ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की और डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर जोर दिया मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर के पास बरामद किये गये नरकंकाल पाये जाने के मामले में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिये हैं जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने संवाददाताओं से कहा कि जो नरकंकाल और हड्डियां बरामद की गयी हैं वे लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की हैं उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर के पास किन परिस्थितियों में शवों का अंतिम संस्कार किया गया इसकी जांच की जा रही है जिलाधिकारी ने कहा कि अब सभी लावारिस शवों का अंतिम संस्कार पास के श्मशान में किया जायेगा आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस की विशेष अदालत ने जेल में बंद तीन कथित बांग्लादेशी आतंकवादियों की हिरासत और जांच अवधि आज बढ़ा दी एटीएस के अधिकारियों ने जांच पूरी होने तक विशेष न्यायाधीश से सभी आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था प्रदेश के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गयी जबकि अठारह लोग घायल हो गये हैं अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के हासा रोड पर कार और ऑटो रिक्शा की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि ग्यारह अन्य घायल हो गये सीवान जिले के दरौंधा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के पास ट्रक और जीप की टक्कर में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गयी जबकि सात अन्य घायल हो गये वहीं जिले के दरौंधा थाना क्षेत्र के बगौरा पूर्वी टोला में ट्रैक्टर पलट जाने से चालक की मौत हो गयी इधर पूर्णिया जिले के सरसी थाना क्षेत्र के बोहरा नहर के पास ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी शिवहर जिले के अपर जिला सत्र न्यायाधीश उत्पाद की न्यायालय ने एक अभियुक्त को शराब बेचने के आरोप में पांच साल के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के सोंइमा गांव से पुलिस ने कुख्यात अपराधी पोखन यादव को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देशी पिस्तौल कारतूस और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के चकवारा मुहल्ला स्थित एक घर से चोरों ने दस लाख रुपये मूल्य की संपत्ति चुरा ली और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय

संदिग्ध दिमागी बुखार की बीमारी से राज्य में एक सौ अड़सठ बच्चों की मौत